इस अधिनियम के मुताबिक यदि कोरोना का कोई संभावित मरीज इलाज करवाने से मना करता है तो उसे सजा भी हो सकती है मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने आज विधानसभा में एक विशेष व्यक्तव्य के माध्यम से राज्य में इस कानून को लागू करने की बात कही उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है केवल एहतितात बरतना जरूरी है उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस को आने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार ने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं इस संबंध में केंद्र की एडवाइजरी के अनुसार प्रदेश सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है इसमें सभी सार्वजनिक सभाओं और समारोहों के स्थगित करने की बात कही है इसके बावजूद यदि ऐसी सार्वजनिक सभाएं करना जरूरी हो तो वहां बचाव के प्रति अत्याधिक सावधानी बरतनी होगी

उन्होंने कहा कि चार लोगों को खांसी जुखाम बुखार के लक्षण पाए जाने के बाद जांच के लिए नेमने भेजे गए थे और ये सभी नेगेटिव पाए गए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है इसके तहत विदेशों से आने वाले सभी आगंतुकों का वीजा भी रद्द कर दिया है इससे देश में कोरोना वायरस को रोकने में मदद मिलेगी उन्होंने प्रदेशवासियों से इस महामारी से निपटने के लिए सहयोग की भी अपील की प्रश्नकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने कहा है कि कैंसर रोग का शुरूआत में ही पता लगाने के लिए इंदिरा गांधी र्मेडिकल कॉलेज शिमलॉ और टांडा मैडिकल कॉलेज में शीघे पैट स्कैन मशीनें स्थापित की जाएंगी वे आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकर और आशीष ब्रेटेल के पैट स्कैन संबंधी संयुक्त सवाल का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि शिमला में कैंसर अस्पताल में पैट स्कैन के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन निर्माण के लिए नगर निगम शिमला से एनओसी मिल गई हैं जयराम ठाकूर ने कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए यह बीमारी चिंता का विषय बन चुकी है

ज्यादा पैसा सरकारी क्षेत्र का जमा है जबकि निजी क्षेत्र के भी करोड़ों रूपए बैंक में फंस गए हैं

उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर येस बैंक की आर्थिक स्थिति को लेकर भय और दहशत का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया और कहा कि यह ठीक नहीं है

कांग्रेस की आशा कृमारी ने बजट चर्चा की शुरुआत करते हृए कहा कि येस बैंक में जो कृष्ठ भी हुआ वह केंद्र सरकार के आर्थिक कप्रबंधन का ही परिणाम है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बैंक को खूद डुबोया है और उसमें आम आदमी भी फंस गए हैं जबकि मुख्यमंत्री इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने एक राजनीतिक दल को फंड दिया आज वही बैंक के सबसे बड़े डिफाल्टर हैं आशा कुमारी ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है ऐसे में राज्य सरकार को सच्चाई को मानना होगा राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के लिए पांच और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है पार्टी ने हिमाचल रो इंदु गोस्वामी के नाम पर मोहर लगाई है